विधानसभा चुनावों में जीत के लिये कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दलों ने अपनी पूरी ताकत झोक दी है इसके चलते प्रदेश में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार चुनावी रैलियां कर रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नागौर और भरतपुर में चुनावी सभाए करेंगे

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल उदयपुर में रोड शो करके लोगों से पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की श्री शाह का रोड शो विभिन्न स्थानों से गुजरा उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी गुलाबचंद कटारिया सहित पार्टी के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे

इनमें बेरोजगारों के लिये पांच हजार रूपये प्रति महीने भत्ता देना और हर संभाग में किसानों के लिये ऋण राहत आयोग की शाखा स्थापित करने जैसी घोषणाएं शामिल है जयपुर में कल केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने ये घोषणा पत्र जारी किया

घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने इसे छलावा बताया है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के राज में किसान परेशान हैं और युवाओं का बुरा हाल है उन्होंने कहा कि किसानों की आय दूगुनी करने का वादा झुठा है

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का हर व्यक्ति आज कर्ज में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश और मिजोरम राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है मध्यप्रदेश में सुबह आठ बजे से श्रू हुआ मतदान का दौर शाम पांच बजे तक चलेगा निर्वाचन विभाग ने मतदान स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के सभी इंतजाम किये है

इस दौरान राज्य पुलिस होमगार्ड और अर्द्वसैनिक बलों की साढ़े छह सौ कंपनियों सहित करीब एक लाख अस्सी हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं

यहां सात लाख सत्तर हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे पूर्व केन्द्रीय मंत्री और नाथद्वारा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉ सीपी जोशी को चुनाव आयोग ने क्लिन चिट दे दी है राजसमंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि डॉक्टर जोशी पर भाजपा नेताओं पर कथित जाति संबंधित सवाल प्रछने का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी मामले को लेकर आयोग ने सी पी जोशी से जवाब मांगा था जयपुर में अनुमति के बिना बल्क एसएमएस और ई पैपर में विज्ञापन प्रसारित करवाने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी अशोक परनामी अशोक लाहोटी और कांग्रेस के पुष्पेन्द्र भारद्वाज सहित सात उम्मीदवारों को नोटिस जारी किये है

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कृषि भूमि पर लीज और शॉर्ट टर्म से बजरी खनन करने पर लगी रोक हटा दी है मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और न्यायाधीश जी आर मुलचन्दानी की खण्ड पीठ ने सरकार की कुषि भूमि पर शॉर्ट टर्म परमिट से बजरी खनन की अनुमति देने को सही करार देते हुए कहा कि जन सुविधाओं की परियोजनाओं को रोका नहीं जा सकता न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का नदी के किनारों पर बजरी खनन करने से संबंधित मामले से कोई संबंध नहीं है यह केवल कृषि भूमि और सरकारी जमीन पर खनन के मामले से ही जुडा है

समापन समारोह शाम को पणजी के निकट तालेगांव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा

इसके बाद पुरस्कार वितरित किए जाएंगे

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि प्रक्षेपण अभियान कल सवेरे नौ बज कर सत्तावन मिनट पर श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से शुरू किया जाएगा यह रॉकेट आठ देशों के ग्राहक संगठनों के तीस अन्य को पैसेंजर माइक्रो और नैनो उपग्रह भी ले जाएगा रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को अनुसंधान और विकास में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के कार्य पर फिर से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए केल नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा संबंधी पहल को बढ़ावा देने के लिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का शुभारंभ करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भता बढ़ाना और टैक्नोलोजी के लिए विदेशी कम्पनियों पर निर्भरता कम करना है

हॉकी वर्ल्डकप में भारत की टीम आज अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिडेगी इससे पहले कल भूवनेश्वर में रंगारंग समारोह के साथ विश्वकप ्ट्र्नामेंट का उद्घाटन हुआ उद्घाटन समारोह में माध्री दीक्षित और शाहरूख खान आकर्षण का केन्द्र रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व कप में भाग लेने वाली सभी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि समूचा देश भारतीय टीम का समर्थन करता है और टीम के खिलाड़ियों को अपना सर्वोत्तम देने के लिए प्रोत्साहित करता है

आईसीसी की ताजा महिला क्रिकेट ट्येंटी ट्येंटी अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर शीर्ष पांच में पहुंच गयी हैं हरमनप्रीत तीन स्थान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर पहुंची हैं